वे कल शिमला से उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

जयराम ठाक्र ने अधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों विशेषकर औद्योगिक इकाइयों में आने वाले कामगारों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए

इस बीच मुख्यमंत्री आज शिमला से वीडियो कांफ्रैसिंग के जरिए स्टार्ट अप योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे

सभी धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का निर्वहन केवल सीमित रूप से किया जाएगा विधायक जियालाल कपूर की अध्यक्षता में कल भरमौर में हई मणिमहेश ट्रस्ट के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया जिया लाल ने बताया कि प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल व मंदिर अभी बंद है और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है जिसे देखते हुए यात्रा के आयोजन का जोखिम नहीं उठाया जा सकता

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की वर्षा का समाचार है राज्य के निचले इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने सीबीएसई के दसवीं के परीक्षा परिणाम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है सीबीएसई दसवीं के नतीजों में भी हिमाचल ने पंचकूला जोन में मारी बाजी पंजाब केसरी के शब्द हैं लड़कियां फिर टॉपर हिमाचल ने पंचकूला जोन में मारी बाजी दिव्य हिमाचल की सुर्खी है सीबीएसई दसवीं में बेटियों की बल्ले बल्ले पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखा है डिमाचल में धार्मिक स्थल खोलने से सरकार का इंकार हिमाचल दस्तक के शब्द हैं अभी नहीं खुलेंगे मंदिरों के कपाट डीसी एसपी सीएमओ से वीडियो कांफ़ेसिंग के बाद सरकार का फैसला

दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है फर्जी जानकारी देकर प्रदेश में प्रवेश करने वालों पर होगी कार्रवाई कोरोना काल में नहीं होगी मणिमहेश यात्रा पंजाब केसरी की एक खबर है अमर उजाला के शब्द हैं कोरोना के बीच पवित्र मणिमहेश यात्रा पर रोक

इसी पत्र के अनुसार फीस नहीं बढ़ा पाएंगे प्राइवेट कॉलेज और विश्वविद्यालय